इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने बेहतर उत्पादन के लिए संगठित और असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों को स्वस्थ माहौल उपलब्ध कराने पर जोर दिया सूचना और प्रसारण मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रसार भारती की विषय वस्तु को और समुद्ध बनाने पर जोर दिया है

प्रदेश में स्वाइन फ्लू का प्रकोप लगातार बढता जा रहा है

स्वास्थ्य विभाग के निदेशक डॉ वी के माथुर ने बताया कि सघन अभियान चलाकर स्वाइन फ्लू की रोकथाम की जा रही है डेंगू मलेरिया और स्वाइन फ्लू की रोकथाम के लिए चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग द्वारा विशेष स्क्रीनिंग और परामर्श अभियान आज से शुरू किया गया है स्वास्थ्य दल आपके द्वार अभियान के तहत जयपुर में सामूहिक दल घर घर जाकर लोगों को मौसमी बीमारियों की जानकारी देंगे

उन्होंने आज जयपुर के सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र में पेयजल की बेहतर आपूर्ति के लिए छह करोड़ रूपए की लागत से बनने वाली पुनर्गठित शहरी पेयजल योजना के शिलान्यास के समय ये बात कही राज्य मंत्रिमंडल की आज सुबह विधानसभा में बैठक आयोजित की गई जिसमें कई नीतिगत निर्णय किये गए

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आठ मार्च को झुंझुनू आएंगे परिवहन मंत्री युनूस खान तैयारियों का जायजा लेने के लिए झुंझुनू पहुंचे युनूस खान ने सबसे पहले सभास्थल हवाई पट्टी का जायजा लिया और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जोधपुर के फलौदी शहर के एक निजी हॉस्पीटल में आज केन्द्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत द्वारा राज्य सरकार की भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया गया

केन्द्रीय खेल मंत्री आज इंडियन ओलंपिक एसोसिऐशन के कार्यकम को संबांधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि नेशनल स्पोर्ट्स वेलफेयर फंड खिलाडियों के लिए कल्याणकारी फंड है

अलवर में कानून व्यवस्था और गौतस्करी के मुद्दे पर आज विधानसभा में भाजपा के विधायकों ने ही सरकार को कटघरे में खडा कर दिया प्रष्नकाल के दौरान भाजपा विधायक ज्ञानदेव आहजा और विधायक बनवारीलाल सिंघल ने यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि गौ तस्करों पर प्रभावी अंकुष नहीं होने के कारण वहां गौवंष की तस्करी हो रही है इस पर गृहमंत्री गुलाब चंद कटारिया ने सदन को बताया कि अलवर जिले में कानून व्यवस्था के लिए दो पुलिस अधीक्षक लगाये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है बजट और संसाधन उपलब्ध होने पर इस बारे में फैसला किया जायेगा

श्रीगंगानगर जिले के लालगढ जाटान में बीती रात जीप और ट्रक की टक्कर में चार युवकों की मौत हो गयी जबकि दो अन्य घायल हो गए पुलिस सूत्रों ने बताया कि ये जीप सूरतगढ जा रही थी जब गणेशगढ के पास ट्रक ट्रोला से टकरा गयी पाली जिले में दो अलग अलग हादसों में तीन लोगों की मृत्यु हो गयी और चार लोग घायल हो गए सुमेरपुर में नेतरा गांव के पास एक कार के अनियंत्रित होकर पलट जाने से तीन लोगों की मौत हो गयी वहीं पुनायता के पास एक जीप और ट्रक की टक्कर में जीप में सवार तीन महिलाओं समेत चार लोग जख्मी हो गए सिरोही जिले के रोहिड़ा में एक ट्रैक्टर के अनियंत्रित होकर नाले में गिर जाने से ट्रैक्टर चालक की मौके पर ही मृत्यु हो गयी